सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे कोविड रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान शुरु किया जा रहा है इसमें शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों की साफ सफाई तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है यह विशेष अभियान चौदह अप्रैल तक चलेगा रविवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड संक्रमण से निपटने के लिए समुदाय की जागरुकता और इसकी भागीदारी के महत्व पर जोर दिया था प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के पांच हजार नौ सौ अट्ठाइस नये मामले सामने आये हैं इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर सत्ताईस हजार पांच सौ नौ हो गयी है प्रदेश में अब तक छ लाख तीन हजार चार सौ पंचानबे लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं जबकि आठ हजार नौ सौ चौबीस लोगों की मृत्यु हुयी है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में कल एक दिन में एक लाख उन्यासी हजार चार सौ सत्रह नमुनों की जांच की गयी अब तक तीन करोड़ सत्तावन लाख चौवन हजार आठ सौ सात नमुनों की जांच की जा चुकी है श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है उन्होंने बताया कि अब तक साठ लाख सैंतालीस हजार आठ सौ आठ लोगों को कोविड का पहला टीका जबकि ग्यारह लाख पच्चीस हजार दो सौ पचपन लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है इस तरह अब तक राज्य में कुल इकहत्तर लाख तिहत्तर हजार तिरसठ से ज्यादा कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं श्री प्रसाद ने लोगों से कोविड नाइन्टीन से सुरक्षित रहने के लिये मास्क लगाने दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखने और समय समय पर साब्न पानी से हाथ धोते रहने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं चाहे वो कृषि कानूनों के बारे में हो नागरिकता संशोधन कानून के बारे में हो या श्रम कानून के बारे में हो भारतीय जनता पार्टी के इकतालीसवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि क्षेत्रीय आकक्षाओं की भी पूर्ति करती है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इकतालीसवें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री का सम्बोधन पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिये एकजुट होकर कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महानारी की पाबंदियों के कारण वर्घअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुझाव देंगे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिये कल से आगामी दो दिनों तक नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे पर्चो की जांच का कार्य नौ और दस अप्रैल को किया जाएगा जबकि चुनाव चिन्ह ग्यारह अप्रैल को वितरित किये जायेंगे इस चरण में उन्नीस अप्रैल को बीस जनपदों में मतदान होगा कोविड नाइन्टीन के बढ़ते मामलों को देखते हुए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से कराने का फैसला किया है विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ला की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य पहले से ही ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है इसके अलावा छात्रों को हॉस्टल के बजाय अपने घर पर रहकर पढ़ाई करने की सलाह भी दी गई है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए अयोध्या के राजकुमार यादव का आज सरयू घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार किया गया कल देर रात शहीद का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा जहां शहीद के अन्तिम दर्शन के लिये बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गयी आज अन्तिम यात्रा से पहले सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी शहीद के अन्तिम संस्कार में जनप्रतिनिधि जिले के प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया